वहीं महाराष्ट्र के मुददे पर विपक्षी दलों ने संयुक्त सत्र का बहिष्कार किया और संसद परिसर में डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संबोधित किया इस मौके पर राष्ट्रपति ने वीडियो कांफेंसिग के माध्यम से संसद के केन्द्रीय हाल में लगाई गई एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया इस अवसर पर देशभर में लोगों ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में सामूहिक शपथ ली संविधान दिवस पर प्रदेश को एक खास उपलब्धि हासिल है

भोपाल स्थित राजभवन में संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सचिवालय में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ दिलाई इन्दौर से हमारे संवादंदाता ने बताया है कि जिले में आज संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है इसी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों पर आधारित व्याख्यान आयोजित किया गया है उधर सतना आगरमालवा बालाघाट खंडवा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यकम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं

न्यायालय ने ये निर्देश शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त याचिका पर फैसला सूनाते हुए दिया न्यायालय ने राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कल ही निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला दी जाये न्यायमूर्ति एनवी रमना न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूति संजीव खन्ना की पीठ ने विधानसभा की कार्यवाही कर सीधा प्रसारण कराये जाने के भी निर्देश दिये हैं अपनी प्रतिक्रिया में भाजपा ने कहा है कि विधानसभा में बहुमत साबित करने को तैयार हैं जबकि कांग्रेस सहित समी विपक्षी दलों ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जाहिर किया है समाचार संक्षेप में आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है

हालाँकि विश्व द्रग्ध दिवस एक जून को मनाया जाता है

निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई